स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस चरण में सात राज्यों में उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिये कल वोट डाले जायेंगे उत्तर प्रदेश में चौदह हरियाणा में सभी दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ दिल्ली में सभी सातों तथा झारखंड में चार सीटों के लिये मतदान होगा इस बीच सातवें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है

इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल की सभी चारों झारखंड में तीन तथा चंडीगढ़ सीट के लिये मतदान होगा

वायुसेना के एयर मार्शल ए एस बुटोला ने कंपनी से यह हेलीकॉप्टर प्राप्त किया

हेलीकॉप्टरों की पहली खेप इस साल जुलाई तक भारत को मिल जाने की उम्मीद है वायुसेना को इन हेलीकॉप्टरों के मिल जाने से थलसेना को अपने अभियानों में बड़ी मदद मिलेगी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये हेलीकॉप्टर भविष्य में बलों द्वारा संयुक्त अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे भारतीय वायुसेना की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अच्क हमला करने के लिए इसे खासतौर पर बनाया गया है स्लग नंधौर सेंचुरी हल्द्वानी वन प्रभाग ने नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है इस योजना के तहत नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश करने के लिए चोरगलिया और टनकपुर में दो पर्यटक गेट और केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है गौरतलब है कि पर्यटन गतिविधियां संचालित नही होने से पर्यटक हल्द्वानी क्षेत्र में नही रुक पाते थे जबकि यह क्षेत्र प्राकृतिक वन संपदा से भरपूर है और यहां कई प्रकार के वन्य जीव जन्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है हल्द्वानी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वन विभाग नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटन गतिविधियां संचालित करने जा रहा है उन्होंने बताया कि पर्यटक यहां एशियन क्षेत्र की बर्ड वाचिंग और लेपर्ड टाइगर जैसे अन्य वन्य जीवों के दीदार भी कर सकेंगे वहीं हल्द्वानी में नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट खुलने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मुहैया हो सकेगा

यहां की ऊंची ऊंची चोटियां पहाड़ वन और नदियां है अपने प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए है जिन्हें देखने के लिए हर वर्ष यहां लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते है उत्तराखंड के पैदल रास्ते भी पौराणिक पहचान रखते है हांलाकि समय के साथ उत्तराखंड के पैदल पौराणिक मार्ग आवागमन के अभाव मे अपनी पहचान खो चुके हैं लेकिन अब लोगों के साथ ही आपदा की दृष्टि से इन पैदल मार्गों को तलाश करने का प्रयास एसडीआरएफ की टीम कर रही है

साथ ही चारधाम यात्रा के पैदल मार्गो में शंकराचार्य कालीन चट्टियों को पुनर्जीवित करने और ट्रेकिंग रूट को बढ़ाने के तौर पर भी वैकल्पिक मार्गों की आवश्यकता है एसडीआरएफ की कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने कहा कि एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य के लिए इन मार्गो की खोज कर रही है जिससे जरुरत पड़ने पर आसानी से इन मार्गों का उपयोग किया जा सके

जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने भौगोलिक सूचना प्रणाली यानि जीआईएस सेल के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि जीआईएस सेल से जिले में आपदा प्रबन्धन शहरी नियोजन भू आंकलन योजना वनाग्नि प्रबन्धन संसाधन मानचित्र आदि कार्य का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकेगा उन्होंने जिलास्तरीय अधिकारियों को अपनी योजनाओं और सरकारी परिसम्पत्तियों का विवरण इस महीने के अंत तक जीआईएस सेल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

इस दौरान उन्होंने संस्थानों में कई कमियां पाई उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द सारी कमियों को दूर करने और बच्चों के स्वास्थ्य और संरक्षण में सुधार लाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों को विशेष सुख सुविधाएं उपल्बध कराएगा उन्होंने छोटे मोटे अपराधों में लिप्त रहे बच्चों की मनोवैज्ञानिकों से इलाज कराने पर जोर दिया स्लग मौसम प्रदेश में मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश की उम्मीद बन रही है आज केदारनाथ में बर्फबारी और कुछ पहाड़ी जिलों में बारिश होने से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है बागेश्वर जिले में आज दोपहर बाद झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली पिछले कुछ दिनों से हो रही गर्मी से किसानों की दिक्कत भी बढ़ने लगी थी क्योंकि सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था आज हई बारिश मिर्च बैंगन कद्द और अन्य फसलों के लिए अच्छी बताई जा रही है मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में देहरादून जिले के चकराता और त्यूनी उत्तरकाशी रुद्दप्रयाग चमोली के थराली बागेश्वर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है

इस दौरान पहाड़ों में ओलावृष्टि और बारिश होने की भी संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि अंधड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की सलाह दी गई है स्लग भैरवनाथ कपाट विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद आज क्षेत्रपाल भगवान भैरव नाथ के कपाट प्रे विधि विधान के साथ खोल दिये गए इसके बाद ही बाबा केदारनाथ की नित्य पूजा और श्रंगार आरती की जाती है मान्यता है कि जब तक भगवान भैरवनाथ के कपाट नहीं खुलते तब तक बाबा केदार की नित्य पूजा श्रंगार और आरती नहीं की जाती है मान्यता है कि भगवान भैरवनाथ केदारनाथ के क्षेत्रपाल और पूरे केदारघाटी के रक्षक है इनके दर्शन पूजन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है

इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में यह चिकित्सालय तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए वरदान साबित होगा उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा मिलना बड़ी बात है पहले स्थानीय लोगों को गंभीर बीमारी के ईलाज के लिए दूर जाना पड़ता था लेकिन अब अस्पताल खुलने से उन्हें धाम में ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी इससे पहले राज्यपाल ने बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के दूसरे दिन भी भगवान बदरीविशाल की पूजा अर्चना की स्लग गंगा सप्तमी गंगा सप्तमी के अवसर पर आज हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य कमाया गंगा सप्तमी पर हरकी पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर श्रद्वालुओं ने सुबह से ही स्नान दान कर पुण्य कमाया और मां गंगा की आरती की वहीं हरिद्वार के मठ मंदिरों में भी गंगा की विशेष आरती और पूजा अर्चना की गई हरिद्वार के पंडा समाज और गंगा सभा द्वारा भी सामूहिक रूप से आज मां गंगा का जन्मोत्सव बनाया गया माना जाता है कि आज के दिन मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था इसलिए आज के दिन को गंगा के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर शांतिकुंज के तत्वावधान में हरिद्वार में गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के उदेश्य से जनजागरण अभियान चलाया गया शांति कंज के हजारों साधकों ने आज घर घर जा कर लोगों को गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के प्रति जागरूक किया शांति कुंज की टोलियां आज सुबह से ही हरिद्वार के अलग अलग स्थानों पर निकल पड़ी थी वहीं गंगा सप्तमी पर श्रद्दालुओं की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोखरण परीक्षण की वर्षगांठ के अवसर और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिक समुदाय को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी

उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से भारत मजबूत और सुरक्षित रहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि परीक्षण की सफलता में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगियों की बड़ी भूमिका रही है